प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी

और कैमूर जिले में बारिश के दौरान वजपात की घटना में चार लोगों की मौत

पांच विधानसभा और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में इक्कीस अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न दलों और गठबंधनों के नेताओं ने किशनगंज सिमरी बख्तियारपुर बेलहर नाथनगर और दरोंदा विधानसभा तथा समस्तीपुर लोकसभा सीट पर अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्री ताकत झोंक दी इन क्षेत्रों में छह महिलाओं सहित इक्यावन प्रत्याशी चुनावी मैदान में है किशनगंज में आठ सिमरी बख्तियारपुर में छह दरौंदा से ग्यारह नाथनगर से चौदह तथा बेलहर विधानसभा क्षेत्र से चार और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से आठ प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इधर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि स्वतंत्र शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं तीन हजार दो सौ अट्ठावन बूथों पर बत्तीस लाख सताईस हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे सुरक्षा की दृष्टि से सभी ब्रथों पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है लोकसभा उप चुनाव में समस्तीपुर क्षेत्र में इस बार बार कोड युक्त मतदाता पर्ची का इस्तेमाल किया जायेगा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि देश भर में कुछ गिने चुने विधानसभा क्षेत्रों में इस पर्ची का इस्तेमाल किया जा रहा है

आप का लाईन नम्बर पांच है छह है

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए दो हजार बीस का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो भी निर्णय लेते हैं पार्टी का हरेक कार्यकर्ता उसे मानता है गौरतलब है कि अमित शाह ने एक साक्षात्कार में तमाम अटकलों को विराम देते हुए कहा है कि बिहार में एनडीए एकजुट है और राज्य में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार हैं राजधानी पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर ढाई हजार से अधिक हो गयी है पिछले छत्तीस घंटों के अंदर पटना में एक सौ छियासी मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है पीएमसीएच में डेंगू के लक्षण वाले एक सौ तेरह और एनएमसीएच में तिहत्तर नये मरीजों को भर्ती कराया गया है इनमें से एक सौ पांच पटना के जबकि अन्य मरीज बक्सर नालंदा रोहतास भोजपुर जहानाबाद सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और गया जिले के हैं विभिन्न निजी अस्पतालों में भी डेंग् के कई मरीज भर्ती हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में डेंगू को लेकर महामारी की आशंका नहीं है उन्होंने कहा कि मरीजों की दवा प्लेटलेट्स और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है पीएमसीएच के ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की कमी के मद्देनजर अस्पताल प्रशासन ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की है राजधानी पटना में पिछले दिनों हुए जल जमाव से पीड़ित लोगों ने एल एंड टी कंपनी के कार्यालय पर हंगामा और प्रदर्शन किया लोगों का आरोप है कि कंपनी के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण ही उन्हें जल जमाव का सामना करना पड़ा इधर कंपनी ने जल जमाव के लिये किसी भी जिम्मेदारी से इंकार किया है कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि सैदपुर सिवरेज के काम के दौरान किसी नाले को ध्वस्त नहीं किया गया है कंपनी के अधिकारी ने कहा कि उनका काम जल निकासी का नहीं है और राज्य सरकार ने गलतफहमी में उन्हें नोटिस जारी किया राजधानी पटना समेत राज्य के कई स्थानों पर आज गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई खबर है कि कैम्र जिले के अधौड़ा पहाड़ी इलाके में वज्रपात की घटना में चार लोगों की मौत हो गयी इसमें तीन लोग सीआरपीएफ के जवान बताये जाते हैं जबकि घटना में घायल तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है मूजफ्फरपूर जिले के कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनाथ धनौती बांध पर पूलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक से पैंतीस कार्ट्न विदेशी शराब बरामद की है पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि शराब साईकिल के कल पुर्जो के साथ छिपाकर ले जायी जा रही थी इधर गोपालगंज जिले के कटैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नटवा मोड़ के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान तीन सौ दस बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है दूसरी ओर उत्पाद विभाग की टीम ने पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया वहीं दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर रत्नों पट्टी गांव से पुलिस ने सताईस कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है और दो शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया के रामलखन सिंह यादव कॉलेज में आज संस्कार यूक्त शिक्षा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया सम्मेलन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लेकर पहले की शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा के बीच अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त की पूर्व मंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणू देवी ने कहा कि आज के समय में संस्कार और नैतिक शिक्षा का बहत महत्व है वहीं बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति आरके मंडल ने अच्छे संस्कार के लिये अच्छा समाज और परिवार पर जोर दिया

अच्छा समाज ही अच्छा संस्कार दे सकता है अगर परिवार अच्छा है तो बच्चे मां बाप के साथ हैं तो समाज अच्छा है तो समाज में बच्चे रहते हैं इसलिए समाज की वही भूमिका है कि किसी भी समाज में बच्चे के संस्कार की वृद्धि हो जो उनके परिवार का है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन आज गया शहर के दयानंद सुशीला सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित किया गया इस कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी के संगीत कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया इस अवसर पर मुम्बई की शास्त्रीय गायिका वरदा गोडबोले और उनके साथ तबला पर संगत कर रहे समय चोलकर और हारमोनियम पर पारोमिता मुखर्जी ने आकर्षक प्रस्तुति की वहीं आकाशवाणी दिल्ली के कलाकार प्रभात कुमार ने सरोद पर राग सिंधु भैरवी और अहिरी तोड़ी पेश की कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक ग्रामीण चिकित्सक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया घटना को अंजाम देकर भाग रहे दो अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र के डरहा हुनुमान चौक के पास ट्रैक्टर के पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गई वहीं रेलवे क्रासिंग के पास ट्रक की चपेट में आ जाने से एक बुजुर्ग की मौत हो गयी जमुई जिले के झाझा थानान्तर्गत नरगंजो जंगल से प्रलिस ने कुख्यात नक्सली विजय यादव को गिरफ्तार किया है कई गंभीर मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी रोहतास जिले के इन्द्रपुरी थाना क्षेत्र के नावाडीह पुल के पास नहर में डूबने से दो युवकों की मौत हो गयी वैशाली जिले में देसरी थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने पांच मोटरसाईकिलों के साथ चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया

प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी

और कैमूर जिले में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में चार लोगों की मौत